मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है धमकी भरा ई मेल मिलने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गयी है पिछले साल भी सीएम को ई मेल से जान से मारने की धमकी दी गयी थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा धमकी भरा ई मेल उनके सचिव को भी भेजा गया है इसमें ई मेल भेजने वाले का नाम व पता नहीं है इस ई मेल में डीजीपी एमवी राव को भी धमकी दी गई है रांची के साइबर क्राइम थाने के इंस्पेक्टर सतीश गोराई इस केस का अनुसंधान कर रहे हैं

राज्य सरकार वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का बजट तीन मार्च को पेश करेगी राज्यपाल ने कल बजट सत्र आहुत करने की मंजूरी दे दी है सत्र के दौरान पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अध्यादेशों की प्रति रखी जाएगी बजट सत्र के दौरान सोलह कार्य दिवस होंगे और दस दिनों का अवकाश होगा

आवास मेला में बतौर मुख्य अतिथि कोडरमा विधायक नीरा यादव मौजूद थी कोडरमा के झमरी तिलैया नगर परिषद में फ्लैट नुमा अससी आवास का निर्माण किया जा रहा है तीन सौ बीस स्क्वायर फीट में बन रहे वन बीएचके फ्लैट का कुल लागत पांच लाख बासठ हजार है जिसमें महज तीन लाख बारह हजार रुपए लाभुकों को जमा कराने हैं आवास मेला में लोन उपलब्ध कराने के लिए बैंक के द्वारा स्टाल भी लगाया गया था आवास मेला में बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने आवेदन जमा कराएं और पांच हजार की राशि जमा कर फ्लैट के लिए अग्रिम बुकिंग भी कराई मौके पर पहुंची विधायक नीरा यादव ने कहा कि पहले लोग सोचते थे कि अपनी जमीन होगी तभी घर बनेगा लेकिन इस योजना के तहत जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी अब छत उपलब्ध कराया जा रहा है

कृषि विभाग आत्मा मत्स्य विभाग पशुपालन उद्यान विभाग आदि की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों से विवरण लिए गए उपायुक्त ने गोड्डा के गांवों में किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन विभागों को सुझाव दिए गोड्डा जिला उद्यान विभाग को गांवों में परंपरागत खेती के अलावा तरह तरह के फलों के वृक्ष लगाने उनकी उन्नत किस्म की जानकारी देने के निर्देश दिये गये उपायुक्त ने अधिकारियों को किसानों के लिए आर्थिक लाभों को बताने का निर्देश भी दिया धनबाद के झरिया पुनर्वास योजना में तेजी लाने के लिए झारखंड सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये हैं

सब इंस्पेक्टर रैंक के तीन पदाधिकारी चौनपुर पुलिस के साथ जवान के घर पहुंचे और करीब दो घंटे तक परिजनों से पूछताछ की पजिनों का पुलिस ने बयान दर्ज किया है पुलिस टीम के सदस्य चौनपुर थाना भी गए चैनपुर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उमेश कुमार गुप्ता के साथ मुंबई पुलिस की तीन सदस्यीय टीम पूर्वडीहा के कोल्हवा गांव पहुंची यहां परिजनों में पिता भाई से पुलिस ने पुछताछ की है सुरज दुबे का फिरौती के लिए अपहरण के बाद हत्या के सिलसिले में मुंबई में तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने पलामू जिला निवासी नौ सैनिक सुरज कुमार दुबे के चेन्नई से अपहरण कर हत्या की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है इस मामले की जांच की मांग को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा है डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों से भी इस जांच में पूर्ण सहयोग का आग्रह किया गया है महाराष्ट्र के पालघर की पुलिस भी पलाम पहंची है और मामले के गहन छानबीन में जुटी है उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा होगा उन्होंने मृतक नौसैनिक सूरज दूबे के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है

उन सभी के परिजनों का उनसे कोई संपर्क अब तक नहीं हो पा रहा है इस संबंध में उन्होंने राज्य के आपदा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया है

इसके बाद डीजीपी ने नक्सल विरोधी अभियान को गति देने का भी निर्देश दिया चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करते हुए डीजीपी एमवी राव ने अभियान में जुटे अधिकरियों एवं जवानों का हौसला बढ़ाया पूरे राज्य में नक्सलियों के खात्मे के लिए नस्सल विरोधी अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया है राज्य की विधि व्यवस्था के लिए अपराधियों के खिलाफ भी सख्ती से निपटने की ठोस रणनीति बनाने का निर्देश भी दिया गया

पूर्व डीजीपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के आरोप में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर न्यायधीश आनंद सेन की अदालत में आज सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने पांडेय और उनकी बह को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया सुनवाई के दौरान पुर्व डीजीपी डीके पांडेय की ओर से उनके अधिवक्त ने अदालत को बताया गया कि बेहू की ओर से उनके और उनके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है इस मामले को मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है इसलिए दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया जाए

दोनों पक्षों के बयान दर्ज होने के बाद ही अदालत इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी

मंत्रालय ने बताया कि एक करोड पांच लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

इंग्लैड की ओर से जैक लीच ने चार और जेम्स एंडरसन ने तीन विकेट लिए

हजारीबाग पुलिस ने आज दो आपराधिक घटनाओं में अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस को कुख्यात अपराधिक सरगना सुजीत सिन्हा और अमन साव गिरोह के कुख्यात अपराधी सैफ अली उर्फ बबलू को एक देशी कार्बाइन व पिस्टल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है वहीं विष्णुगढ़ के भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सेंधमारी कर चोरी करने वाले तीन अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है कुख्यात अपराधी सैफ अली को बड़कागांव थाना क्षेत्र से अपराध की योजना बनाते गिरफ्तार किया गया उस पर हत्या सहित कई आरोप हैं गिरफ्तारी के दौरान कार्बाइन का दो मैगजीन अट्ठाईस जिंदा कारतूस पिस्टल का भी एक मैगजीन और सात जिंदा कारतूस बरामद किया गया है

पंचायत सेवक को पलामू के तरहसी प्रखंड कार्यालय में सत्रह हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया